कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पवन काजल को उम्मीदवार बनाया गया है पवन काजल कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं इससे पहले समिति ने मंडी से आश्रय शर्मा और शिमला संसदीय सीट से धनीराम शांडिल को प्रत्याशी बनाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बताया है कि हमीरपुर सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी देवेश कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने सीमा सड़क संगठन से लोकसभा चुनाव के दौरान श्रमशक्ति और उपकरण पहुंचाने के लिए रोहतांग सुरंग के उपयोग की अनुमति देने को कहा है वहीं बीआरओ मनाली लेह राजमार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है

बीके अग्रवाल मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने अधिकारियों को ग्रामीण सड़कों और पोलिंग बूथ को जोड़ने वाले रास्तों के रखरखाव के निर्देश दिए हैं शिमला में कल एक बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने भूस्खलन की संभावना को देखते हुए सड़कों को बहाल करने के लिए श्रमशक्ति और मशीनरी तैयार रखने के निर्देश भी दिए इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एयर एम्बूलेंस का प्रावधान करने पर भी चर्चा हुई ताकि किसी आपात रिथति में उन्हें बाहर निकालकर तुरंत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके मुख्य सचिव ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नगदी अवैध हथियार और नशीले पदार्थों पर निगरानी रखने को भी कहा सीविजिल आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत सी विजिल मोबाइल ऐप के संबन्ध में जानकारी देने के लिए कल सोलन में एक कार्यशाला लगाई गई

उन्होंने बताया कि ऐप पर अपलोड शिकायत की निगरानी भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है रोहित राठौर ने बताया कि सी विजिल मोबाइल एप को किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा है कि निर्धारित अवधि तक शस्त्र जमा न करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि जिले के जो लोग प्रदेश के अन्य जिलों में निवास कर रहे हैं वह भी अपने शस्त्र संबंधित जिलों के समीप के थानों में जमा करवा सकते हैं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 दैनिक भास्कर की सुर्खी है टिकट मिलने के बाद पहली बार मंडी पहुंचे आश्रय शर्मा ने कहा अनिल मेरे पिता हैं मेरे ही रहेंगे भाजपा के नहीं हो सकते दैनिक जागरण का शीर्षक है कांग्रेस का टिकट लाए आश्रय के जश्न में शामिल न होकर घास बराबर करते रहे भाजपाई मंत्री अनिल वहीं आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है दादा और पोते ने अनिल शर्मा भविष्य दांव पर लगा दिया दिव्य हिमाचल ने एक खबर दी है चुनावों के लिए खुलेगी रोहतांग टनल चुनाव आयोग ने पोलिंग पार्टियों की आवाजाही को दिए आदेश इसी खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है चुनाव डियूटी वाले कर्मियों को मिलेगी एयर एंबुलेंस विद्या स्टोक्स ने मंच से राठौर को सियासी उत्तराधिकारी किया घोषित शीर्षक से अमर उजाला लिखता है ठियोग हलके का अब कुलदीप करेंगे नेतृत्व आपका फैसला के मुताबिक विद्या स्टोक्स ने कुलदीप राठौर को सोंपी अपनी राजनीतिक विरासत

समर टूरिस्ट सीजन की व्यवस्था को प्रयास तेज़ शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है इस बार शिमला में प्यासे नहीं रहेंगे पर्यटक जबकि दैनिक जागरण का कहना है शिमला में भरपूर पानी नहीं होगी पर्यटकों को परेशानी अमर उजाला की एक खबर है चुनावी मौसम में शिमला और दिल्ली के बीच बीस दिनों से हवाई सेवा ठप हिमाचल से छिना कैंसर इंस्टीच्यूट खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है प्रदेश में गंभीर बीमारी के बेहतरीन इलाज का सपना केन्द्र ने किया चकनाचूर सभी सरकारी विभागों में तीन साल वाले कर्मी एक साथ रेगुलर होंगे हिमाचल दस्तक की एक खबर है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

नमस्कार